सत्र की शुरूआत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची से सदन को अवगत करवाएंगे

इसके अलावा अन्य शासकीय और विघायी कार्य निपटाए जाएंगे

जेटली केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था का कायाकल्प हुआ है उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट में यह बात कही गई है अरूण जेतली ने कहा कि पिछले चार साल में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से उमरी है और सरकार ने विघायी व अन्य क्षेत्रों में कई सुधार किए हैं वित्त मंत्री ने कहा कि व्यवस्था को काफी हद तक साफ सुथरा और अधिक पारदर्शी बनाया गया है अस्थि विसर्जन सांसद शांता कुमार आज चम्बा में रावी नदी में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियाँ विसर्जित करेंगे स्थानीय विघायक पवन नैयर के अनुसार इस संबंध में सभी तैयारियां कर ली गई हैं

इससे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां को मनाली के समीप वशिष्ट स्थित व्यास नदी में विसर्जित किया मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज दिन की शुरूआत खिली धूप से हुई है प्रदेश में वर्षा के दौर में आई कमी से लोगों ने राहत महसूस की है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि विसर्जन से जुड़ी खबर को आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है मनाली में अटल का अस्थि विसर्जन यादें संजोएंगी सरकार हिमाचल दस्तक का शीर्षक है अटल जी की अस्थियां ब्यास में विसर्जित आपका फैसला के शब्द हैं सीएम ने ब्यास में विसर्जित की अटल की अस्थियां जबकि अजीत समाचार के अनुसार जयराम द्वारा ब्यास नदी में अटल जी की अस्थियां विसर्जित मॉनसून सत्र से जुड़ी खबर पर पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है लाठीचार्ज पर आज फिर हंगामे के आसार अमर उजाला लिखता है मॉनसून सत्र में आज फिर हंगामे के आसार जबकि आपका फैसला के अनुसार विधानसभा में आज हंगामा करने की तैयारी में विपक्ष रेफरी के कारण गोल्ड से चूका भारत शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है एशियार्ड से कबडडी में पदक लेकर आई हिमाचल की बेटियों ने किया खुलासा जबकि आपका फैसला के शब्द हैं बेटियों को स्वर्ण पदक न जीतने का मलाल पत्नी और बेटी के साथ आज शिमला आएंगे घोनी अमर उजाला की खबर है जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार पत्नी सहित आज शिमला पहुंचेगे माही फिल्म की शूटिंग के लिए पांच दिन तक हिल्स क्वीन में रूकेंगे धोनी प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण पर रोक दैनिक जागरण की एक खबर है इसी पत्र के अनुसार बागवान सेब बेचें पर पैसा भूल जाएं वन संवर्द्वन योजना मंजूर होने पर पर दैनिक भास्कर ने खबर को शीर्षक दिया है जंगलों में औषधीय पौधे व जड़ी बूटियां उगाकर कमाई कर सकेंगे लोग नुक्सान के नाम पर सिर्फ उंट के मुंह में जीरा शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है आज तक बरसात से मिले जख्मों की भरपाई नहीं कर पाया केंद्र महिला अधिकारी को नाके पर पुलिस कर्मी ने किया परेशान सस्पेंड पंजाब केसरी की खबर है जबकि आपका फैसला ने लिखा है एसपी उना ने आधी रात को पुलिस कांस्टेबल किया सस्पेंड दिसंबर में हिमाचल आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी अमर उजाला की एक खबर है एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय माफिया पर अंकुश में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि कर्मचारियों पर हमला साबित करता है कि माफिया कितना बेखौफ है और उसके हौसले कितने बुलंद हैं इन पर अंकुश लगाने में देर करना सही नहीं होगा जीपीएस सिस्टम से घटेगा जल प्रदूषण शीर्षक से हिमाचल दस्तक अपने संपादकीय में लिखता है कि अश्विनी खडड को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की यह अच्छी पहल है आपका फैसला ने अपने संपादकीय में लिखा है कि आंकड़ों से स्पष्ट है डेंगू बेकाबू होता जा रहा है व स्कब टाइफस को भी हलके में नहीं लिया जा सकता ऐसे में सरकार को इन रोगों पर नियंत्रण पाना होगा शीर्षक है बेकाबू डेंगू व स्कब टायफस